विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव और कबीरघाम जिले में किसानों ने किया प्रदर्शन

कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पृष्टि हई है राजनांदगांव जिले में आज अब तक बासठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें आईटीबीपी मोहला कैम्प के अट्ठारह जवान भी शामिल हैं इसी तरह दर्ग में आज कोरोना संक्रमित तेरह नये मरीजों की पृष्टि हई है ये मरीज टाउनशिप भिलाई और दर्ग नगर निगम क्षेत्र से मिले हैं उधर कोंडागांव जिले में आज आईटीबीपी के दो जवानों सहित कोरोना संक्रमित पांच नये मरीज मिले हैं इसी तरह बस्तर जिले में भी चार नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं सुकमा जिले में एक कोरोना पॉजीटिव मरीज मिला है रायपुर शहर में भी आज सिटी कोतवाली थाने में एक हेड कॉन्सटेबल कोरोना पॉजीटिव पाया गया है इधर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड से आज कोरोना संक्रमित चार नये मरीजों की पुष्टि हुई है वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र स्थित मुड़पार गांव के सरपंच की कोरोना जांच रिपोर्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजीटिव आई है वहीं बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली और एक अन्य थाने से तीन कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इन दोनों ही थानों को सील कर दिया गया है कोरिया जिले के बैकूंठपुर में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज भिला है यह युवक हाल ही में बिहार से लौटा था और क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था इस बीच आईएएस अधिकारी और कृषि विभाग के संचालक नीलेश क्षीरसागर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है श्री क्षीरसागर ने सोशल मीडिया पर खद के कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी दी उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और चिकित्सकों की सलाह पर वे घर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण से छह लोगों की मौत हुई है जबकि दो सौ सतयासी मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के दो सौ पचयासी नये मामले सामने आए थे इनमें से करीब सौ मरीज रायपुर जिले से मिले थे वहीं बिलासपुर में तीस कांकेर में चौबीस बलौदाबाजार में अट्ठारह और जांजगीर चांपा जिले से दस कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा अब प्रमुख सब्जी बाजारों और संघन बस्तियों में रहने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है जिला कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि हर एक वार्ड में जिला प्रशासन की दो दो टीमें नमूना लेने को कार्य में जूटी हई है पूरे नगर निगम क्षेत्र के अड़तालीस वार्डों में छियानवे टीमें काम कर रही हैं उन्होंने बताया कि सघन बस्तियों और भीडमाड वाली दुकानों में प्राथमिकता के साथ जांच अभियान चलाया जा रहा है वहीं रायपुर जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए गठित कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग दल के पांच अधिकारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है साथ ही इन अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर जवाब पेश करने का आदेश भी दिया गया है रेलवे पार्सल ट्रेन कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल ने पार्सल टेनों से एक करोड रूपये से अधिक की राजस्व राशि अर्जित की है रायपुर और दर्ग स्टेशनों से बीते चौबीस मार्च से लेकर छह अगस्त तक पार्सल ट्रेनों के जरिये चार हजार चार सौ ्टन से अधिक की सामग्रियां भेजी गई इनमें प्रमुख रूप से सब्जियां फल और दवाइयों के साथ चिकित्सा उपकरण शामिल है रेल प्रशासन के अनुसार यदि कोई भी उपभोक्ता या फर्म ट्रेनों के माध्यम से सौ टन से अधिक का सामान भेजना चाहते हैं तो उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जा रही है इतना ही नहीं रायपुर रेलमंडल से बांग्लादेश तक पार्सल भिजवाने की सुविधा भी उपलब्ध है भारतीय रेलवे विज्ञापन खंडन रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है मंत्रालय ने बताया है कि उसे पता चला है कि एवेस्ट्रॉन इनफोटेक नाम के किसी संगठन ने बीते आठ अगस्त को प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में ग्यारह साल के अनुबंध पर आठ श्रेणियों के पांच हजार दो सौ पचयासी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं रेल मंत्रालय ने इस विज्ञापन को गैर कानूनी बताया है मंत्रालय की ओर से इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी माओवादी समर्पण गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के आत्मसमर्पण के लिए संचालित लोन वर्राटू अभियान को काफी सफलता भिल रही है अभियान के तहत जिले में बारह माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया हैं जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों में से एक पर दो लाखे रूपये और चार पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने लोन वर्रादू अभियान के तहत आत्मसमर्षित माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर विकास कार्य करने की शपथ दिलाई वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर हत्या विस्फोट और लुटपाट की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इधर राजनांदगांव जिले में क्वारेंटाइन अवधि पूरा होने के बाद पुलिस ने माओवादी प्लादून कमांडर डेविड उर्फ अगनान उइके को गिरफ्तार कर लिया है गौरतलब है कि पिछले दिनों छरिया ब्लॉक के कटेंगा खोभा के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में यह माओवादी घायल हो गया था इलाज के लिए इसे रायपुर में एक अस्पताल मेँ भर्ती कराया गया था इस माओवादी के स्वस्थ होने और कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया उधर सुकमा जिले के चिंताग्फा इलाके से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में भी एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है इस माओवादी के पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है इस पर कई गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है जिले के पुलिस अधीक्षक शलम सिन्हा ने बताया कि भेज्जी और कोंटा इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने माओवादियों केो पकड़ने की कोशिश की लेकिन माओवादी वहां से भाग निकले मौके से पिट्ठ माओवादी वर्दी आईईडी पटाखा बैटरी और दवाइयों के अलावा कई अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं

उन्होंने मनष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री जॉवड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अश्रभ माना जाता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्यता बढ़ाने की पहल की है इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का साठ प्रतिशत भारत में हैं विश्व हाथी दिवस का आयोजन हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान उनके घरों पर जाकर किया जा रहा है इसी कड़ी में बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा बिल्हा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर दयाराम कलवानी और नंद्राय भागे के घर जाकर उनका सम्मान किया गया वहीं राजनांदगांव जिला प्रशासन की ओर से भी आज अंबागढ़ चौकी में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवप्रसाद आर्य के निवास स्थान पर पहंचकर उनका सम्मान किया गया इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के राष्ट्रपति की ओर से जारी शुभकामना पत्र भी दिया जा रहा है आदिवासी रैली विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्य के सभी वनांचल क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसी कडी में राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र में आदिवासियों ने एक बाईक रैली निकाली इस रैली में शामिल आदिवासी अपनी लोक संस्कृति का परिचय देने के लिए तीर कमान लेकर निकले इसके बाद यह रैली कोरकोट्टा में एक आमसभा में तब्दील हो गई इस मौके पर आदिवासी समूदाय के नेताओं ने अपने संबोधन के जरिये समाज की प्रमुख समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया इस अवसर पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा किसान प्रदर्शन राजनांदगांव जिले के किसानों और मजदूरों ने जिले को सूखा प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टोरेट कार्यालय के समक्ष नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट के चलते रोजगार में कमी आई है लेकिन सरकार की ओर से मजदूरों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है किसानों ने सरकार से शेष बीमा राशि और धान की अंतर राशि देने तथा कर्जमाफी सहित अन्य वायदे भी पुरा करने की मांग की वहीं कवर्घा में भी भारतीय किसान संघ के बैनर तलें किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा किसानों ने खाद की कालाबाजारी रोकने और सहकारी समितियों में खाद की उपलब्यता सुनिश्चित करने गन्ना बिक्री की शेष राशि का जल्द भूगतान करने और गन्ना तथा धान खरीदी की शुरूआत आगामी एक नवंबर से करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा केन्द्र डिजिटल इंडिया चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में हम आपको डिजिटल इंडिया की दिशा में किये गए विशेष उपायों की जानकारी देना चाहेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक जुलाई दो हजार पंद्रह को शुरू किया गया था पिछले पांच वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तीकरण समावेशन और रूपांतरण पर केंद्रित रही है इस कार्यक्रम ने भारतीय नागरिकों की पहचान से संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है

बीएसपी ठेका श्रमिक भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु अंठावन से बढ़ाकर साठ वर्ष कर दी गई है प्रबंधन के इस फैसले से संयंत्र के करीब पच्चीस हजार ठेका श्रमिकों को लाभ मिलेगा मिली जानकारी के मुताबिक विभिन्न श्रमिक संघ द्वारा पहले से ही बीएसपी में कार्यरत् ठेका श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग की जा रही थी प्रबंधन द्वारा उनके हित में फैसला लिए जाने के बाद ठेका श्रमिकों ने खुशी जताई है स्पंदन अभियान प्रलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए राज्य में इन दिनों स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानू ने नगरी अनुभाग के मेचका थाने में जिला बल और अर्द्द सैनिक बलों के जवानों से बातचीत की और उनकी समस्याए सुनीं उन्होंने जवानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का यथासंभव निराकरण किया जाएगा साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को मनोबल ऊंचा रखने और तनावरहित होकर कार्य करने की समझाइश दी मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका सक्रिय है साथ ही उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में एक निम्नदाब का क्षेत्र तथा चक्रवाती धेरा बना हुआ है इसके असंर से कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की कल पुण्यतिथि है पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिनीमाता को नमन किया है जांजगीर चांपा जिले में सिवनी गांव के प्रथम सरपंच पंडित धर्मदत्त पांडेय की पुण्यतिथि के मौके पर सिवनी अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया गया इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे रायपुर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने सफाई कामगारों से खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए पच्चीस अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए हैं राजनांदगांव में खाद्य विभाग की टीम ने चावल का बिल बनाकर धान की सप्लाई करने के मामले में संबंधित कंपनी और वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की है वहीं नागपुर से बालोद जा रहे धान से भरे एक ट्रक को भी जब्त किया गया है जांजगीर चांपा जिले के कोटमीसोनार गांव के उपरोहित तालाब में करीब पांच फीट लंबा एक मगरमच्छ मिला है ग्रामीणों की सूचना पर वन अमले ने मौके पर पहुंचकर इस मगरमच्छ को पकड़ा और फिर इसे कोटमीसोनार स्थित क्रोकोडायल पार्क में छोड़ दिया गया धमतरी जिले के मुजगहन गांव के पास प्रल का निर्माण कार्य नहीं होने से रतनाबांधा गांव स्थित गु ंडरदेही दुर्ग मार्ग पर पानी भर गया है इससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलें हो रही हैं